श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना नियेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई के एक सौ पच्चीसवें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किये आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम चताने हैं वहीं दूसरी तरफ इकॉनोमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है स्पीडवप करना है इस सिचुएसेन में आप ने गेंटिंग ग्रांथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निरिकत तौर पर इसर्क लिए आप समी भारतीय उद्योग जगत के लोग बघाई के पात्र हैं बल्कि मैं तो गेंटिंग ग्रोथ बेक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा यस यस वी विल बेफिनेटली गेटिंग अवर ग्रोथ बेक लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औदयोगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चौहत्तर करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया श्री मोदी ने कहा कि आठ करोड़ रसोई गैस सिलेन्डर बांटे गये और पचास लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का चौबीस प्रतिशत अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर के संबंध में कई सुधार किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किये हैं उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीस प्रतिशत का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबर्दस्त असर पड़ता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता शक्ति और योग्यता है उन्होंने मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भूखा न रहे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक हजार रूपए बीमार होने पर उपचार के लिए दो हजार रूपए और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यू पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को पांच हजार रूपये देने की व्यवस्था की है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस निरन्तर पेट्रोलिंग कर यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो श्री योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या पांच हजार तीस हो गई है कल राज्य में एक सौ सत्तासी मरीज बीमारी से स्वस्थ हुए प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ नौ है गोरखपुर जिले में कल एक ही दिन में चौबीस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी जिसके बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ चार हो गयी संतकबीरनगर में भी चौबीस नए मरीज मिले यहां संक्रमितों की तादाद एक सौ छह हो गयी है बस्ती जिले में कल सत्रह मरीज मिले जिले में अब तक कोरोना के कुल एक सौ इक्यानवे मामले सामने आ चुके हैं प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था बदन दुखता था तो हम रोते हुए मां के पास जाते थे और उन्हें हम अपनी तकतीफ बताते थे

अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है राहत पाना है इलाज कराना है खेलना कूदना है जीतना है इसी में सबकी भलाई है देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होती परिवार तो आपका भला ही चाहता है न

कोरोना से हमें लड़ना है डरना नहीं है

जुलाई से सितम्बर के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्यी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मॉनसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है इस स्थिति के मदेनजर जून से सितम्बर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की एक सौ दो प्रतिशत वर्षा होगी इसका मतलब यह है कि देश में इस दौरान अट्ठासी मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाएगी डॉक्टर राजीवन ने कहा कि देश में मॉनसून की वर्षा का वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है